पाकिस्तान ने सभी नागरिक उड़ानों के लिए अपना वायुक्षेत्र खोला

गुरू पूर्णिमा पर्व पर आज प्रदेशभर में हो रहे हैं कई कार्यक्रम

अदालत ने ये मामले कितने समय से लंबित हैं इसके बारे में रिपोर्ट देने को कहा है सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों से ये डेटा जुटाकर दस दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है

बच्चों से ज्यादती के मामले बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है कोर्ट ने पहले ऐसे मामलों का छह महीने को ब्यौरा मांगा था मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल कहा कि छह महीने के डेटा से पूरी तस्वीर साफ नहीं हो रही है उच्चतम न्यायालय बच्चों से दुष्कर्म के मामले निपटाने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेगा

कोर्ट ने एयरपोर्ट ऑथोरिटी से पूछा है कि जोधपूर से एयर कनेक्टिविटी लगातार कम होने की क्या वजह है कोर्ट ने एयरपोर्ट के निदेशक को कल व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने को कहा है

इसके लिए संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय की राज्य सरकार ने प्रष्टि कर दी है

भारतीय उड़ानों पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है पाकिस्तान ने फरवरी में बालाकोट हवाई हमले के बाद से अपने वायु क्षेत्र के अधिकांश हिस्से के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि पाकिस्तान का वायुक्षेत्र सभी प्रकार के नागरिक उड़ानों के लिए तत्काल प्रभाव से खोल दिया गया गया है

केन्द्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है की देश का कोई भी राज्य समाज के कुछ वर्गो को निःशुल्क बिजली दे सकते हैं लेकिन उन्हें इसके लिए अपने बजट से भुगतान करना होगा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बिजली भुगतान और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाना चाहती है

गृहमंत्री अमित शाह ने कल इस विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि एनआईए आतंकी घटनाओं की जांच के समय आरोपी व्यक्तियों की धार्मिक पहचान को नहीं देखता

विधेयक पेश करते समय उन्होंने आशा व्यक्त की कि जांच एजेंसी विदेशों में भारतीय दूतावासों और परिसम्पत्तियों के खिलाफ आतंकी हमलों की जांच कर सकेगी

उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसी के दुरूपयोग की संभावना बढ़ जाएगी

श्री गोयल ने कहा है कि किसी क्षेत्र में टिड्डियों के आने की सूचना मिलने पर कृषि अधिकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ तूरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का आंकलन करें यदि टिड्डियों की संख्या ज्यादा पायी जाती है तो आवश्यकता अनुसार टिड्डी नियंत्रण के लिए छिड़काव और अन्य जरूरी कार्रवाई त्रंत करें इस संबंध में किसानों और स्थानीय लोगों को भी आवश्यक जानकारी दें और उनके संशयों का मौके पर ही निराकरण करें इधर बाड़मेर में टिड़डी दल की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है कीटनाशकों का भी फसलों पर छिड़काव किया जा रहा है टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के अधिकारी ग्रामीण इलाकों में दौरा कर रहे हैं

प्रतिनिधियों ने बजट में यात्री वाहनों पर लगाए गए कर में वृद्वि को कम करने का अनुरोध किया है बस ऑपरेटर्स का कहना था कि प्रस्तुत बजट में पर्यटन और यात्री वाहनों के कर में अधिक बढोतरी किए जाने से रोजगार और पर्यटन पर असर पड़ेगा उनका कहना था कि राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में करों की दरें पहले ही अधिक हैं

यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे बालवाहिनियों के संधन जांच अभियान से नाराज बस संचालकों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं आज सुबह स्कूलों की वैन और ऑटों बच्चों को लेने उनके घर नहीं पहुंचे अजमेर वैन एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस बाल वाहिनी संचालकों को जांच के नाम पर बेवजह परेशान कर रही है और आए दिन चालान काटने से इन संचालकों को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

इस दौरान उनके साथ कर्नल पी एस राठौड भी मौजूद थे कर्नल राठौड ने बताया कि जिन जिलों में शहीद स्मारक नहीं बने हुए हैं

इससे शहीद स्मारक बनने की प्रकिया को गति मिलेगी

राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाए दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरू पूर्णिमा का विशेष महत्व है हमें यूवा पीढ़ी को सिखाना है कि वे अपने अध्यापकों और बड़ों का सम्मान करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलें तथा देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं